ये प्रतयोगिताएं अम्बाला पंचकूला करनाल रोहतक समेत सात स्थानों पर होगी हरियाणा के म्ख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि वर्ल्ड यूनियन आफ होलसेल मार्केट प्रदेश को अपना आधार बनाकर चले राज्य सरकार से उन्हें ांचागत व आधारभूत स्विधाओं के साथ पूरा सहयोग दिया जायेगा

यहां अंतर्राष्ट्रीय होलसेल की अपार संभावनाएं है उन्होंने बताया कि सरकार सोनीपत के गन्नौर में बड़ी मंडी विकसित कर रही है

उन्होंने कहा िक प्रदेश कृषि विपणन की परम्परागत प्रणाली से नई ई मार्केट प्रणाली की तरफ बढ़ रहा है म्ख्मयंत्री ने भावांतर भरपाई योजना के बारे कहा कि ये योजना मील का पत्थर साबित हो रही है ये योजना श्रूआत मे आल् गोभी प्याज व टमाटर की फसल पर लागू की गई इस स्म्मेलन में केन्द्रीय विदेश राज्य मंत्री जरनल वी के सिंह ने खुशी प्रकट करते हए कहा कि ये कांफ्रेस फसल उत्पादक किसानों विक्रेताओं तथा उपभोक्ताओं के हित में बेहतर पहल है

मानदेय बैंक खाते में जमा होगा उन्हे एक मोबाइल फोन भी दिया जाएगा आज हिसार में राज्य स्तरीय नंबरदार सम्मेलन को संबोधित करते हये मुख्यमंत्री ने नंबरदारों को आयुष्मान योजना में शामिल करने की भी घोषणा की

मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि नम्बरदार सरकार की आंख नाक और कान होते है

भारत के म्ख्य निर्वाचन आय्क्त ने कहा है कि सभी वोटिंग मशीनें फूलपूफ है उनके साथ किसी भी प्रकार की छेड़खानी नहीं की जा सकती आकाशवाणी के समाचार प्रभाग से एक साक्षात्कार में मुख्य निर्वाचन आयुक्त ओ पी रावत ने बताया कि पांच राज्यों में आने वाले चुनावों में वीवीपैट मशीनों को प्रयोग किया जायेगा श्री रावत ने बताया कि आयोग ने फर्जी वोटिंग स्रचियों को शोधन करने के लिए कदम उठाए है श्रीकृष्णा आय्ष विश्वविदयालय कुरुक्षेत्र में स्वच्छता ही सेवा कार्यक्रम के तहत कल अन्तर्राष्ट्रीय हाथ ध्लाई दिवस मनाया जाएगा जिसमें सभी प्राध्यापकों अधिकारियों कर्मचारियों तथा विद्यार्थियों को शामिल किया जाना है

विश्वविदयालय के एक प्रवक्ता ने बताया कि इस कार्यक्रम के दौरान विद्यार्थियों और कर्मचारियों को हाथ धोने की सही तकनीक तथा उसके लाभ बताए जाएंगे हरियाणा के शिक्षा मंत्री राम बिलास शर्मा ने पलवल में सरस्वती महाविद्यालय में भारत विकास परिषद द्वारा आयोजित राष्ट्रीय स्तरीय समुहगान प्रतियोगिता के अवसर पर सम्बोधित करते हए कहा कि सरकार ने छठी से दसवीं कक्षा तक संस्कृत विषय को अनिवार्य कर दिया है उन्होंने बताया कि हरियाणा शिक्षा बोर्ड की तरफ से प्रदेश में संस्कृत शिक्षा बोर्ड गठित किया जायेगा

श्री विज ने बताया कि यह खेल महाकृम्भ हमारे गांवों की प्रतिभाओं को निखारने एवं प्रोत्साहित करने में अहम भूमिका निभाएगा इसके अन्तर्गत अम्बाला में जिम्नास्टिक व बैडमिंटन पंचकूला में एथलेटिक्स एवं टेबल टेनिस करनाल में वॉलीवाल व जूडो रोहतक में हॉकी व कुश्ती भिवानी में बॉक्सिंग एवं कबड्डी ग्रुग्राम में हैंडबॉल तीरंदाजी व टेनिस तथा हिसार में फ्टबॉल व बॉस्केटबॉल खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन करवाया जाएगा कृषि मंत्री ओम प्रकाश धनखड़ ने कहा कि विश्व स्तरीय खेल स्पर्धाओं में झज्जर जिले के बजरंग प्निया द्वष्यंत चौहान मन् भाकर रामपाल आदि खिलाड्डियों ने प्रदेश और देश का नाम रोशन किया है झज्जर में तीन दिवसीय जिला स्तरतीय खेल प्रतियोगिता के समापन पर विजेता खिलाड्यियों को सम्मानित करते हुए उन्होंने कहा कि उनका सपना है कि झज्जर के खिलाड़ी ओलपिंक खेलों में पदक जीतकर लाए और वे स्वयं विजेता खिलाडियों का सितारों के रूप में एयरपोर्ट पहंचकर स्वागत करें

शहरी स्थानीय निकाय मंत्री कविता जैन ने कहा है कि योग हमारी संस्कृति का अभिन्न अंग है जिसे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के प्रयासों से पूरे विश्व ने अपनाया है

उन्होंने कहा कि बेटियों के सामूहिक विवाह का आयोजन सुखद अवसर है वर्तमान सरकार भी इस दिशा में बेहतरीन कार्य कर रही है गरीब कन्याओं के विवाह के लिए कई प्रकार की योजनाये चलाई गई है जिनका लाभ लोगों को उठाना चाहिए

अम्बाला में बहजन समाज पार्टी द्वारा वाल्मीकि सम्मेलन में पाट्री के हरियाणा पंजाब चंडीगढ़ के प्रभारी डा मेघराज सिंह ने कहा कि सम्मेलन का मुख्य उददेश्य समाज के लोगों को बसपा में जोड़ने के लिए किया गया है उन्होंने कहा कि देश और प्रदेश में परिवर्तन की लहर चलेगा इनैलो व बासपा का हरियाणा में गठबंधन है लेकिन चौटाला परिवार मे इन दिनों कलह के चलते गठबंधन पर ब्रा अवसर पड़ेगा